ग्वालियर जिले की डबरा सीट से महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी उपचुनाव हार गईं इसके अलावा सुमावली सीट से मंत्री एंदल सिंह कंसाना और दिमनी सीट से मंत्री गिर्राज दंडोतिया भी पराजित हुए

वहीं सागर जिले की सुरखी सीट से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विजय प्राप्त की

खंडवा जिले की मांधाता सीट से भाजपा के नारायण पटेल निर्वाचित घोषित किये गए देवास के हाटपिपल्या से भाजपा के मनोज चौधरी विजय रहे उधर गुना जिले की बमौरी सीट से मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया और रायसेन की सांची सीट से डॉप्रभुराम चौधरी ने जीत हासिल की मंदसौर जिले की एक मात्र सीट सुवासरा से भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग विजय घोषित किये गए छतरपुर जिले की मलेहरा सीट से भाजपा के प्रहलाद सिंह लोधी विजयी रहे

अशोकनगर की दोनों सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने विजय प्राप्त की इंदौर के सांवेर से तुलसीराम सिलावट और अनूपपुर से बिसाहू लाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशीयों को हराया आगरमालवा की आगर सीट से कांग्रेस के विपिन बानखेड़े और राजगढ़ जिले की ब्यावरा सीट से कांग्रेस के रामचंद्र दांगी विजयी रहे चुनाव परिणाम सामने आने के बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य भेंट की और जीत की बधाई दी साथ ही प्रदेश के विकास में सरकार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया कांग्रेस मंथन उप चुनाव में मिली हार पर मंथन के लिए आज भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है

बताया जा रहा है कि जिन सीटों पर कांग्रेस को हार मिली है उन सीटों के जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई हो सकती है

झाबुआ से राहत की खबर है कि यहां एक भी नया मामला सामने नहीं आया है